इससे झारखंड के एक लाख बासठ हजार लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया जा सकेगा

राज्य सरकार ने फ्लेवर और सुगंध युक्त तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी है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

कोरोना टीके की पहली खेप आज सुबह नौ बजे दिल्ली से विशेष एयर थर्मल कार्गो से रांची एयरपोर्ट पहुंच गई है इसमें क्ल सोलह हजार दो सौ वायल वैक्सीन हैं इन वैक्सीन को नामकूम के आरसीएच स्थित वैक्सीन सेन्टर में ले जाया गया है यहीं से विभिन्न जिलों को वैक्सीन भेजी जाएगी सोलह जनवरी से शुरू होने वाली टीकाकरण अभियान से लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं वैक्सीन की एक वायल में टीके के दस डोज होते हैं इससे झारखंड के एक लाख बासठ हजार लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया जा सकेगा

इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सुत्रह हजार अटठासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल एक सौं तिरपन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्यभर में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख चौदह हजार छह सौ चौरासी पहुंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार तीन सौ छप्पन रह गई है राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर सन्तानबे दशमलव नौ चार हो गई है राज्यभर में कल कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा बावन रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं इसके बाद धनबाद में तेईस पूर्वी सिंहभूम में अठारह बोकारो में आठ संक्रमित मिले हैं वहीं रामगढ़ में पांच संक्रमित मिले हैं गुमला और पश्चिम सिंहभूम में तीन तीन मरीज मिले हैं चतरा देवघर लोहरदगा पलामू में दो दो मरीज मिले हैं लातेहार सरायकेला सिमडेगा में एक एक मरीज मिले हैं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में रामगढ़ समाहरणालय के सभागार में बैठक हुई

इन केंद्रों में सदर अस्पताल रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला मांडू पतरातू होप हॉस्पिटल एवं टाटा हॉस्पिटल घाटो शामिल है

बैठक के दौरान उपायुक्त ने टीकाकरण मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर सदर अस्पताल रामगढ़ में एक नियंत्रण कक्ष गठित करने का निर्देश दिया स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और व्यक्तिगत भागीदारी का अभ्यास करें स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टीकांकरण के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पहली प्राथमिकता होंगे इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और प्राथमिकता आयु वर्ग वाले लोग होंगे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कर्मियों के लिए टीकाकरण की लागत केंद्र सरकार वहन करेगी

श्री भूषण ने कहा है कि कोविड के चार अन्य टीके भी हैं जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और शीघ्र ही उपलब्ध होंगे राज्य के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में अठारह जनवरी से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई शुरू होगी मुख्यमंत्री से अनुमति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय और नेतरहाट आवासीय विधालयों के खुलने का आदेश जारी किया है विभाग के सचिव राहुल शर्मा के अनुसार मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के मददेनजर यह निर्णय लिया गया है

अब वैसे किसी तंबाक उत्पाद की बिक्री नहीं होगी जिसमें मसाले केसर केवड़ा मेथॉल तथा तेल अदि का इस्तेमाल कर उसे सुगंधित या रंगीन बना दिया गया हो राज्य सरकार ने एक ही दुकान पर पान मसाला की ट्वीन पैक की बिक्री पर भी रोक लगाई है यह आदेश एक वर्ष तक लागू रहेगा जानकारी हो कि सरकार ने गुटका पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है इसके साथ ही लाइसेन्स लेकर तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानो को अब कोई अन्य खादय पदार्थ नहीं बेचा जा सकेगा दल बदल के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर चौथा मामला दर्ज कराया गया है विधायक दीपिका पांडे की शिकायत पर स्पीकर के ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज किया गया है इस मामले में बाबूलाल को नोटिस जारी किया गया है उन्हें एक्कीस जनवरी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है नोटिस में कहा गया है कि अगर बाबूलाल समय पर अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो ट्रिब्यूनल एकपक्षीय फैसला ले सकता है

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से यह सेवा शुरू हो गई है अस्पताल में तीन पाली में डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर लगाई गई है

अस्पताल में अलग से दवा वितरण काउंटर बनाया गया है

राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में नर्सो की कमी को दूर करने के लिए तीन सौ सतर स्टाफ नर्सो की नियुक्ति की जाएगी इसके लिए नए सिरे से रोस्टर क्लियर किया गया है कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए संकल्प के अनुसार तीन सौ सत्तर पदों में से एक सौ इकतालीस सीटें सामान्य वर्ग की होंगी वहीं एसटी के लिए अट्ठासी और एस सी के लिए सन्तावन सीटें आरक्षित रहेंगी

दिव्यांग श्रेणी के लिए चार प्रतिशत आरक्षण रखा गया है

इन्होंने इतने कम उम्र में तीन उपन्यास लिख दिये हैं

झारखंड में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला नहीं मिला है

इसके अलावा एक हजार चार सौ चौंतीस नए सैम्पल जांच के लिए कोलकाता भेजे जांएगे इनमें रांची और जमशेदपुर स्थित चिड़ियाघरों के पक्षियों के सैम्पल भी शामिल हैं बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर जांच रिपोर्ट भेपाल स्थित जांच केन्द्र को भेजी जाएगी पश् स्वास्थ्य एवम उत्पाद केन्द्र के निदेशक डा विपिन कुमार महथा ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में जो भी मामले आए हैं वे एवियन फ्लू के लक्षण वाले हैं जो मनुष्य में नहीं फैलता है एवियन फ्लू के कैरियर विदेशी पक्षी हैं जो सर्दी के मौसम में भारत आते हैं राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले चालीस लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को पत्र भेजा है पन्द्रह जनवरी से शुरू होने वाला मूल्यांकन इस बार ओपन बुक इग्जाम के आधार पर होगा बच्चों को प्रश्न पत्र उनके घर पर पहुंचाया जाएगा उत्तर लिखने के लिए सात दिनों का समय दिया जाएगा इसके पहले बच्चों को ज्ञान सेतू अभ्यास पुस्तिका का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है आकलन पत्र बच्चों के बीच बांटर्न के लिए शिक्षकों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा आकलन पत्र की जांच करने के बाद उन्नीस फरवरी तक रिजल्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है राजधानी रांची में एक दिन में पारा चार डिग्री तक लुढ़क गया है

मंगलवार को रांची का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव आठ डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि सोमवार को सोलह दशमलव तीन डिग्री था मौसम विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण उतर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाए हैं तेरह से सोलह जनवरी तक सुबह कोहरा छाया रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी इस दौरान अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान पच्चीस से छब्बीस डिग्री और न्यूनतम नौ से दस डिग्री रहने की संभावना है

बोकारो के चर्चित संतोष पांडे हत्याकांड में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही दस दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया गया है तेनूघाट व्यावहार न्यायालय के जिला जज प्रथम राजीव रंजन की अदालत ने कल अभियुक्तों को सजा सुनाई